प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के एम्स में कोविड टीका लगवाया

लगभग एक साल बाद प्रदेश में पहली से पांचवीं कक्षाओं के स्कूल खुले

और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी बढ़ी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

एक मोबाइल नम्बर से कुल चार लामार्थियों का ही पंजीकरण हो सकता है ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपने फोटो पहचान पत्र का भी प्रयोग करना होगा इसके बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र का चुनाव अपने समय के अनुसार कर सकते हैं टीकाकरण के समय और केंद्र की पुष्टि मोबाइल नम्बर पर एस एम एस के माध्यम से की जायेगी

इसमें मध्मेह उच्च रक्तचाप हृदय प्रत्यारोपण गुर्दा और लीवर प्रत्यारोपण त्यूकीमिया एड्स पिछले एक वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हुये लोगों के अलावा सांस संबंधों बीमारी वाले लोग शामिल हैं दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड उन्नीस टीके की पहली खुराक ली एक ट्वीट में श्री मोदी ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बहत कम समय में कोविड उन्नीस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत किया है वह उल्लेखनीय है श्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र हैं वे सभी टीका लगवायें और हम सब मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनायें मुख्यमंत्री नीतीश क्रमार ने भी आज दोपहर बाद पटना के आईजीआईएमएस में कोविड टीके का पहला डोज लगवाया इस अवसर पर दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कोविड का टीका लगवाया टीका लगवाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी को खत्म करने में सबसे अधिक कारगर टीका ही है उन्होंने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड का टीका अवश्य लगाने की अपील की

पहले विधान सभा और विधान परिषद में ही अलग अलग केन्द्रों पर टीके लगाये जाने की सहमति बनी थी राज्य सरकार ने चिन्हित निजी अस्पतालों में भी कोविड के टीके निःशुल्क देने का फैसला किया है राज्य में साठ वर्ष से अधिक उम्र के एक करोड़ से अधिक बुजुर्गो जबकि पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र के बीस लाख से अधिक बीमार लोगों को टीके देने का लक्ष्य है राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार प्रदेश के पचास निजी अस्पतालों को टीकाकरण प्रक्रिया के लिए निर्धारित निर्देशों का पालन करने को कहा गया है अनियमितता की स्थिति में लोग टोल फ्री नम्बर एक शून्य चार पर शिकायत कर सकते हैं राज्य में तीन मार्च से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी कोविड का टीका लगाया जायेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में कुल छह सौ पच्चीस अस्पतालों में निःशुल्क कोविड का टीका लगाया जायेगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सरकारी और निजी अस्पतालों में टीकाकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी

लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हो वो जो वैक्सीनेशन साइट्स पे हैं वहां पे जाके अपने आपको लॉग इन करके कागज हैं वो साथ ले जाएं फोटो आईकार्ड साथ ले जाएं वहां पर भी उनको रजिस्टर किया जाएगा और उनका पुरा डेटा जो है को विन ऐप में अपलोड किया जाएगा जो ब्रज़ुर्ग लोग है जो गांव में रहते हैं और जिनको मुश्किल होगी आने के लिए उसमें वोलिंटियर्स और वहां गांव में जो लोग हैं वो भी हेल्प करेंगे उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए और उनको वैक्सीन साइट पे लाने के लिए इसका भी इंतजाम किया जा रहा है एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से कोविड टीके की पहली खुराक लेने के बावजूद मास्क पहनने और अन्य प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की है

प्रधानमंत्री ने उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है इधर विधान मंडल के दोनों सदनों में सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सत्तरवें जन्मदिन की बधाई दी विधानसभा में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने श्री कुमार को सदन की ओर से शुभकामनाएं दी देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव शून्य सात प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में ग्यारह हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए अब तक एक करोड सात लाख से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल एक दशमलव पांच दो प्रतिशत है इस समय देश में लगभग एक लाख अड़सठ हजार सक्रिय मामले हैं पिछले चौबीस घंटों में मिले पंद्रह हजार पांच सौ दस नये मामलों को मिलाकर अब कुल मामलों की संख्या एक करोड़ दस लाख को पार कर गई है

प्रदेश में कक्षा पहली से पांचवी तक के सभी स्कूल आज से खुल गए हैं कोरोना महामारी के कारण पिछले साल चौदह मार्च से स्कूल बंद कर दिए गए थे कक्षा नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं पहले ही चार जनवरी से शुरू हो गईं थी जबकि कक्षा छठी से आठवीं तक के स्कूल आठ फरवरी से खोल दिए गये थे आज पहले दिन स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम देखी गयी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार हर दिन कक्षा की क्षमता के पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को आने की अनुमति दी गयी है साथ ही कक्षाओं में दो गज की दूरी का पालन और फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है राज्य के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि स्कूलों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा सरकारी शिक्षकों को स्कूलों में मौजूद रहने का निर्देश दिये गये है बीमार शिक्षक या विद्यार्थी को स्कूल परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इक्कीसवीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में व्रद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है उन्होंने कहा कि अगर दो तीन दशक पहले ऐसा हुआ होता तब वह देश के लिए अच्छा होता अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि हमें खाद्य सब्जी फल और मत्स्यपालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए साउंड बाईट हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज कलस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके ऑर्गेनिक कलस्टर्स एक्सपोर्ट कलस्टर्स इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी गांव से एग्रोबेस प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रेट प्रोडक्ट गांव पहुंचे ऐसी स्थिति के तरफ हमें बढ़ना होगा उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज कहा कि राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिये हर जिले में उद्योग लगाने के लिये मिशन मोड पर काम कर रही है विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री हुसैन ने बताया कि गन्ने के अलावा मक्का और चावल के ट्कड़े से भी इथेनॉल उत्पादन किया जायेगा उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ मिल सकेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज कहा कि पटना और गया में लगभग सत्ताईस करोड़ रूपये की लागत से जल्द सौ सौ बेड का मातु शिशु अस्पताल शुरू किया जायेगा उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है श्री पांडेय ने बताया कि जल्द ही आठ जिलों में एएनएम जीएनएम और फार्मेसी के छात्रों के लिये ग्यारह सौ बेड का छात्रावास शुरू किया जायेगा राज्य में अब तक एक लाख आठ हजार दिव्यांगों को विशेष पहचान पत्र दिये गये हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधानसभा में बताया कि एक अप्रैल से दिव्यांगजनों को ऑनलाईन ही विशेष पहचान पत्र दिये जायेंगे जदयू के रत्नेश सादा और अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र मिले इसके लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शिविर लगाकर मेडिकल जांच की व्यवस्था की गयी है उन्होंने कहा कि हर सप्ताह मंगलवार के दिन जांच के लिये सदर अस्पतालों और अनुमंडल अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था की जाती है जयदीप भटनागर ने आज देश के प्रधान सूचना अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया वे उन्नीस सौ छियासी बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं श्री भटनागर ने कुलदीप सिंह धतवालिया का स्थान लिया है जो सेवानिवृत्त हो गये मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश भर के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है अगले चौबीस घंटों के दौरान दिन के तापमान में सामान्य से तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी आज सबसे अधिक चौंतीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान गया का दर्ज किया गया बेगूसराय के तेघड़ा में खेली गयी राज्य सीनियर बॉलीवॉल प्रतियोगिता के प्रूष वर्ग का खिताब समस्तीपुर ने जबकि महिला वर्ग का खिताब भागलपुर ने जीत लिया आज खेले गये महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में भागलपुर ने सारण को तीन शून्य से हरा दिया वहीं पुरूष वर्ग के फाइनल मुकाबले में समस्तीपुर ने पूर्व मध्य रेल हाजीपुर की टीम को तीन दो से पराजित कर दिया शिवहर व्यवहार न्यायालय की ओर से अब समन और वारंट ऑनलाईन भेजे जायेंगे जिला न्यायाधीश भरत तिवारी ने आज से ऑनलाईन सेवा की शुरूआत की पटना के जेपी गोलम्बर के पास अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे वाम पंथी संगठनों से जुड़ें छात्रों के साथ पुलिस की झड़प हो गयी उग्र प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिये पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा जिसमें कुछ छात्रों को हल्की चोंट आयी राजद विधायक मुकेश कुमार यादव ने सीतामढ़ी जिले के रीगा चीनी मिल बंद होने का मुद्दा आज विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया अरवल शहर में अपराधियों द्वारा गोलीबारी के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स के आहवान पर आज बाजार बंद करवाया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के एम्स में कोविड टीका लगवाया

लगभग एक साल बाद प्रदेश में पहली से पांचवीं कक्षाओं के स्कूल खुले

और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी बढ़ी